इस दौरे का उद्देश्य हिमाचल को बागवानी पर्यटन ऊर्जा खाद्य प्रसंस्करण और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में एक आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना है इसके अलावा मुख्यमंत्री रोड शो में भी भाग लेंगे उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मुख्यमंत्री के साथ है

पिछले वर्ष देश में साढे पांच लाख से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं पुरानी पेंशन नई पैंशन कर्मचारी संघ ने सरकार से पुरानी पैंशन योजना बहाल करने की मांग की है इस संबंध में संघ की नूरपुर इकाई के पदाधिकारियों ने सांसद किशन कपूर को एक ज्ञापन सौंपा इकाई के प्रधान अजय प्रजापति ने कहा कि नई पैंशन स्कीम कर्मचारियों के हित में नहीं हैं और दशकों तक सरकारी सेवा करने के बाद कर्मचारियों को पुरानी पैंशन योजना के लाभ दिए जाने चाहिए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

लोग नमो ऐप और माइ गोव के माध्यम से अपने सुझाव साझा कर सकते हैं मौसम राजधानी शिमला सहित राज्य के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं

मौसम विमाग ने आज और कल प्रदेश के अधिक उंचाई वाले कुछ स्थानों में हिमपात जबकि निचले व मध्य पर्वतीय इलाकों में कहीं कहीं वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के दुबई दौरे से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है सेब निर्यात की संभावना तलाशने दुबई पहुंचे सीएम पंजाब केसरी का शीर्षक है निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दुबई पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दैनिक जागरण का कहना है दुबई पहुंचे जयराम कल होगा रोड शो दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक निवेशकों को रिझाने दुबई पहुंचे जयराम जबकि आपका फैसला लिखता है मुख्यमंत्री यूएई पहुंचे आज और कल करेंगे रोड शो

कुल्लू बस हादसे पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है बसों में अब बाहर भी डिस्पले होंगे आरटीओ पुलिस के नंबर सीटी स्कैन मशीनों के टेंडर रद्द दवाइयां न मिलने पर जवाबतलब खबर पर अमर उजाला लिखता है आईजीएमसी समेत सूबे के कई अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें खराब दवाएं भी नहीं मिल रहीं

हिमाचल दस्तक स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के हवाले से लिखता है मेडिकल यूनिवर्सिटी में देरी एचपीयू ही करेगा काउंसलिंग किन्नौर और शिमला में हुई सड़क दुर्घटनाओं से जुड़ी खबर भी अखबारों में प्रमुखता लिए हुए है आपका ने फैसला पूर्व मुख्यमंत्री वीरमद्र सिंह के बयान को सुर्खी दी है सातवीं बार सीएम बनने की कोई इच्छा नहीं

मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है हिमाचल में आज कल अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी अजीत समाचार के शब्द हैं आज व कल गरज के साथ ओलावृष्टि व तेज़ हवाओं की चेतावनी दैनिक जागरण लिखता है आज चलेगी तेज़ आंधी ओलावृष्टि होगी दैनिक भास्कर के अनुसार शिमला में बारिश की हल्की बौछारों से तापमान में गिरावट नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

नमस्कार